प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के आगामी चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज रायपुर में विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक ली अब समाचार विस्तार से मंत्रिमंडल निर्णय राज्य सरकार ने प्रदेश के उन स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है जहां से भगवान श्रीराम अपने वनवास के दौरान गुजरे थे इसे श्रीराम वनगमन पथ का नाम दिया गया है राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा इन इक्यावन स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा परियोजना के पहले चरण में आठ स्थानों को चुना गया है इस परियोजना की शुरुआत चंद्रखुरी रिथित माता कौशल्या मंदिर से की जाएगी यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया प्राचीन मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्रीराम अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के पचहत्तर स्थानों से गुजरे थे इनमें से इक्यावन जगहों पर उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया था प्रदेश के दो इतिहासकारों डॉक्टर मन्नूलाल यद् और डॉक्टर हेमू यद् ने इस संबंध में शोध के आधार पर अलग अलग पुस्तकें भी लिखी हैं इन पुस्तकों के अनुसार भगवान श्रीराम ने कोरिया जिले के जनकपुर स्थान से लगभग छब्बीस किलोमीटर दूरी पर स्थित सीतामढ़ी हरचौका स्थान से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था इन पुस्तकों के अनुसार भगवान श्रीराम ने अपने चौदह वर्ष के वनवास काल में से करीब दस वर्ष छत्तीसगढ़ मे बिताए थे श्रीराम वनगमन पथ के पौराणिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरिया जिले के सीतामढ़ी से लेकर सुकमा जिले के कोंटा तक इक्यावन स्थानों को देश और प्रदेश के पर्यटन नक्शे में स्थापित करने की योजना बनाई है वहीं राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले अनुपूरक बजट का अनुमोदन भी किया गया अवैध धान कार्रवाई प्रदेश के विभिन्न जिलों में धान के अवैध परिवहन और संग्रहण की शिकायत मिलने पर जांच दलों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में सक्ती के एक राईस मिल से करीब साढ़े तीन हजार क्विटल से अधिक धान जब्त किया गया कल भी जिले की तीन राईस मिलों से अवैध रूप से संग्रहित धान जब्त किया गया था कोरिया जिले के माढ़ीसराई खड़गवां और मनेन्द्रगढ़ इलाकों में जिला प्रशासन ने छापामार कर एक हजार क्विंटल से अधिक अवैध धान जब्त किया है उधर कांकेर जिले में भी अब तक कोचियों और बिचौलियों के पास से डेढ़ हजार क्विंटल से अधिक मात्रा में अवैध धान बरामद किया जा चुका है इसी जिले के पंखाजूर इलाके से छह गाड़ियों में ले जाए जा रहे बाईस सौ बोरा धान को आज बालोद में एक राईस मिल से जब्त किया गया वहीं कोंडागांव जिले में भी धान की अवैध खरीदी को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं धान के अवैध व्यापार से संबंधित सूचना देने वालों को जिला प्रशासन द्वारा उचित पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है गौरतलब है कि कोंडागांव जिले की सीमा से लगे उड़ीसा राज्य से कुछ बिचौलियो द्वारा छत्तीसगढ़ में वहां का धान अवैध रूप से बेचने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं इधर बस्तर जिले के मारकेल में एक राईस मिल से करीब सात हजार बोरा अवैध धान जब्त किया गया है राज्यपाल कृषि सम्मेलन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को खेती में नवीनतम तकनीक और नई मशीनों के साथ साथ उन्नत बीज का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि उपकरणों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाए रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसायटी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने के नये उपायों पर शोध करें उन्होंने सम्मेलन में आए हुए कृषि थैज्ञानिकों से आग्रह किया कि ये छत्तीसगढ़ में कृषि से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव भी अवश्य दें ताकि यहां के किसानों को उनके अनुभवों का लाभ मिल सके राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनोपज और कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते हैं उन्होंने कहा कि आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने में कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचाई योजनाओं को राज्य सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है सम्मेलन के दौरान डॉक्टर एसएन झारवाल और डॉ एएन नारायण मूर्ति को कृषि क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया इस अवसर पर राज्यपाल ने कृषि उद्यमिता पर केन्द्रित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया मुख्यमंत्री राजनांदगांव मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने आज राजनांदगांव में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण और घर पहंच पेंशन मितान योजना का श्रभारंभ किया स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक सौ सैंतीस करोड रूपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भुमिपुजन किया इस समारोह की अध्यक्षता वन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने की

इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज रायपुर में विभिन्न विभागों के सचिरों की बैठक ली बैठक में नगर पालिका निर्वाचन के अधिनियम और नियम में संशोधन के अलावा पंचायत चुनाव में आरक्षण तथा परिसीमन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई बैठक में पीठासीन अधिकारियों के रूप में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति मानदेय और प्रेक्षको की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई

आज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में श्री टेकाम ने शिक्षकों की सीधी भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया की तैयारी करने को कहा उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में संचालित मध्यान्ह भोजन का समय समय पर निरीक्षण करने को भी कहा बिलासपुर रेलवे कान्फ्रेंस रेलवे बोर्ड के चेयरमेन बीके यादव ने दक्षिण पूर्व रेलवे जोन सहित सभी जोन के महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर रेल परिचालन सहित निर्माण कार्यों और यात्री सुविधाओं के विकास कार्यो की समीक्षा की चेयरमेन ने सभी महाप्रबंधकों को कोयला परिवहन सहित अन्य वस्तुओं के परिवहन की संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया भाजपा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के ग्यारह जिलों में पार्टी के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है इनमें श्रीनिवास मुदलियार को बीजापुर का छुंगाराम मरकाम को सुकमा का चैतराम अटामी को दंतेवाड़ा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है वहीं दीपेश अरोरा कोंडागांव के बृजमोहन देवांगन नारायणपुर शशि पवार धमतरी रूपकुमारी चौधरी महासमुंद राजेश साहू गरियाबंद सनम जांगड़े बलौदाबाजार रामदेव कुमावत बिलासपुर और कृ ष्ण बिहारी जायसवाल कोरिया जिले के पार्टी अध्यक्ष होंगे

केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के धान की केन्द्रीय पूल में खरीदी नहीं किए जाने के फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के भाजपा सांसदों का घेराव करने की घोषणा की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का कल से उनके क्षेत्र में घेराव किया जाएगा श्री मरकाम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सांसदों के निवास के सामने नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे रिसाली नगर निगम दुर्ग जिले के रिसाली को छत्तीसगढ़ का चौदहवां नगर निगम बनाया जाएगा यह क्षेत्र भिलाई नगर निगम के अंतर्गत है इस निर्णय के साथ ही दुर्ग देश का पहला जिला बन गया है जहां चार नगर निगम होंगे रिसाली नगर निगम में कुल तेरह वार्ड शामिल किए जाएंगे

इस संबंध में अगले पन्द्रह दिनों में दूर्ग कलेक्टर कार्यालय में जाने दावा आपत्ति दर्ज किया जा सकेगा इसके बाद ही नये निगम की औपचारिक घोषणा की जाएगी गौरतलब है कि इस जिले में भिलाई चरौदा और दुर्ग नगर निगम शामिल हैं

इस माओवादी पर कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहने को आरोप है उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात कर उन्हें रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए आमंत्रित किया दुर्ग जिले में आज विद्युत ऊर्जा संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया यह स्पर्धा केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित की गई कबीरधाम जिले के तरेगांव को उप तहसील कार्यालय का दर्जा दिया गया है जिले के बोड़ला क्षेत्र में रहने वाली अति पिछड़ी बैगा जनजाति और तरेगांव के वनांचल में रहने वाले आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए यह पहल की गई है वन मंत्री और कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर ने तरेगांव में उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया गया